राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा मोती लाल वोहरा बनाए गए कार्यकारी अध्यक्ष सोलन ज़िले के कंडाघाट में खुलेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्कूल और कैबिनेट प्रदेश में सड़क सुरक्षा कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सड़क सुरक्षा सैल का गठन किया जाएगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया ये सैल परिवहन निदेशालय में स्थापित होगा जिसमें पुलिस स्वास्थ्य शिक्षा और लोक निर्माण सहित अन्य विभागों के विशेषज्ञ तैनात होंगे ये सैल सड़क सुरक्षा गतिविधियों पर नज़र रखेगा मंत्रिमंडल ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में सैंकड़ों पद भरने को भी मंजूरी दी

राज्यपाल ने आज उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और पदमश्री सुभाष पालेकर के साथ नौणी विश्वविद्यालय में संपन्न हुए प्राकृतिक कृषि शिविर में भाग लिया

इस शिविर में करीब एक हजार किसानों व बागवानों ने भाग लिया और सुभाष पालेकर का ये प्रदेश में चौथा शिविर है उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि उत्तराखंड में भी प्राकृतिक कृषि लागू की जाएगी नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने ऐसे मॉडल गांव विकसित करने पर बल दिया जहां पूर्ण रूप से प्राकृतिक कृषि की जाती है उन्होंने किसानों से रासायनिक खेती को बंद करने का आहवान भी किया कृषि इस बीच आकाशवाणी की तीन दिवसीय किसानवाणी प्रभाव आकंलन कार्यशाला आज चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में शुरू हुई आकाशवाणी की अतिरिक्त महानिदेशक डॉ संगीता गोयल ने इसका शुभारम्भ किया कार्यशाला में देश के उत्तरी क्षेत्र के सात राज्यों के किसानवाणी कार्यक्रम से जुड़े आकाशवाणी कार्यक्रम अधिकारी भाग ले रहे हैं

इन विद्यार्थियों ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकर से भेंट की मुख्यमंत्री ने कहा कि शैक्षणिक भ्रमण से जहां राष्ट्रीय एकता और भाई चारे को बल मिलता है वहीं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल सरकार भी स्ट्डेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत प्रदेश के छात्रों को कश्मीर भेजने पर विचार करेगी रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने जनजातीय क्षेत्रों में संचार सेवाए सुदृढ़ करने की केंद्र से मांग की है लोकसभा में आज शून्य काल के दौरान ये मुद्दा उठाते हुए उन्होंने लाहौल स्पिति किन्नौर और पांगी में संचार सेवाएं सुदृढ़ करने को कहा

रामस्वरूप शर्मा ने उत्तर पूर्वी सीमांत राज्यों की तर्ज पर हिमाचल के इन जिलों के लिए भी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत विशेष धन आबंटित करने की मांग की राहत राशि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बंजार बस दुर्घटना के प्रभावितों को प्रधानमंत्री राहत कोष के तहत अनुग्रह राशि अनुमोदित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है

गांधी इस्तीफा राहल गांधी ने आज आधिकारिक रूप से कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया है अपने टवीटर हैंडल पर अपना त्याग पत्र डालते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि अध्यक्ष के रूप में पार्टी की सेवा करना उनके लिए गर्व की बात थी पार्टी के मूल्य और आदर्श ने राष्ट्र के लिए जीवन रेखा का काम किया है अपने त्याग पत्र में राहुल गांधी ने कहा है कि वे लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार हैं इस बीच कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में वरिष्ठ नेता मोती लाल वोहरा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया गया वे नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक पार्टी की कमान संभालेंगे

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में आज शिमला में राज्य सरकार और दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

हाईकोर्ट प्रदेश उच्च न्यायालय ने झंझीड़ी बस हादसे का संज्ञान लेते हुए तीन सदस्यीय समिति गठित की है और उसे दो सप्ताह में रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन और न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने आज मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि भारतीय सड़क कांग्रेस के परिषद सदस्य जसवंत सिंह राज्य परिवहन निगम के सेवानिवृत महाप्रबंधक राजीव गुप्ता और लोक निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता सतीश सागर समिति के सदस्य होंगे समिति के सदस्य जसवंत सिंह ने बताया कि ये कमेटी बस हादसों को रोकने के लिए जनता से सुझाव लेगी

पांगी भाजपा मंडल अध्यक्ष ध्यान सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री से इलाके में जल्द बिजली बहाल करने का आग्रह किया है